नौ जिलों में सोलह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की टिप्पणी पर हंगामा

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

विधानसभा में प्रभारी गृह मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि गबन के सिलसिले में अड़तीस मामले दर्ज किये गये हैं

उन्होंने कहा कि गड़बड़ी का यह मामला वर्ष दो हजार ग्यारह से दो हजार अठारह के बीच का है उन्होंने सरकार से इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज कहा कि हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न कार्यो के लिये ठेकेदारों और एजेंसियों को भुगतान से पहले बिल के सत्यापन कराने को कहा गया है श्री चौधरी ने विधानसभा में कहा कि चूनाव संबंधी कार्यों से संबंधित बिल में जो गड़बड़ियां सामने आयी हैं उसकी जांच करायी जा रही हैं

प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा मंत्री प्रमोद कुमार पर की गयी टिप्पणी से नाराज भाजपा के सदस्य अपनी सीट पर खड़े हो गये और कड़ी आपत्ति जतायी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा सदस्य नंद किशोर यादव ने अध्यक्ष से कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी अशोभनीय टिप्पणी के लिये खेद प्रकट करना चाहिए इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक सदन में हंगामा होता रहा बाद में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई श्री सिन्हा ने कहा कि सदन का संचालन नियमों के अनुरूप कराया जायेगा उन्होंने सत्तापक्ष के सदस्यों को आसन को निर्देश नहीं देने की भी नसीहत दी सीपीआई माले के सत्यदेव राम ने आज विधानसभा में सुपौल में एक ही परिवार के पांच लोगों की मृत्यू का मामला उठाया सदन की कार्यवाही शुरू होते ही श्री राम ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है उनका कहना था कि यह एक गंभीर मामला है कांग्रेस के विजय शंकर दूबे ने आज विधानसभा में महाराजगंज और भगवानपूर प्रखंड कार्यालय तथा थाना भवन के निर्माण की मांग की श्री दूबे ने भवन निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए यह मांग रखी केन्द्र सरकार ने आज कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार निगम में पारदर्शिता लाने और इसका बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है

आईपीओ लाने की बात की जा रही है मार्किट में उसकी वेल्यू और बढ़े ज्यादा लोग उसमें निवेश कर सकें उसकी ई वेल्युवेशन हो सके

जो वापस पांच पर्सेट है वो केन्द्र सरकार के पास आता है

इसमें से न किसी की नौकरी जा रही है बल्कि एलआईसी की मार्किट कैप बढ़ेगी उसमें इनवेसमेंट ज्यादा आएगी कूल मिलाकर एलआईसी और देश को और खाताधारकों को लाम मिलने वाला है राज्य में शराबबंदी के मुददे पर पक्ष और विपक्ष के बीच कई विषयों पर अंतर विरोध बना हुआ है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में भी पूर्ण सहमति नहीं बन सकी विपक्षी दलों ने कहा कि बैठक में बातचीत सकारात्मक हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका विपक्ष ने जहां इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की वहीं सत्तापक्ष ने इस मांग को खारिज कर दिया गौरतलब है कि राज्य के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार के परिवार के सदस्य की जमीन पर बने स्कूल में शराब मिलने के मामले को विपक्ष पुरजोर तरीके से सदन में उठा रहा है विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की है सदन में बने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिये विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलायी थी प्रदेश में अब तक तेरह लाख पंचानवे हजार दो सौ उन्नीस लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं इसमें दस लाख तिरानवे हजार पांच सौ इक्यानवे लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख एक हजार छह सौ इकसठ लोगों को द्रसरी डोज दी गयी है वहीं देश भर में अब तक लगभग तीन करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है केन्द्र सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को पांच पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में बताया कि उनके मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने बाईस अप्रैल दो हजार बीस को जारी दिशा निर्देश में सभी मीडियाकर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतने की सलाह दी थी और मीडिया समूहों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने फील्ड स्टाफ के साथ साथ ऑफिस स्टाफ की भी समुचित देखभाल करें सूचना मंत्री ने कहा कि देश में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को इससे मुक्त रखा था केन्द्र सरकार ने आज कहा कि कोविड महामारी के दौरान सत्ताईस लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में बताया कि लगभग तीस लाख शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री निशंक ने कहा कि जो कॉलेज बीएड कार्यक्रम के मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है

तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वो समी मानकों पर खरा उतरता है तो उसको निश्चित रूप में मान्यता है हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत आप चार वर्षीय बीएड कोर्स होगा और इंटर करने के बाद बीएससी बीएड बीकॉम बीएड या बीए बीएड होगा शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले क्छ वर्षो में एक करोड़ साठ लाख चौंसठ हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये वितरित किए हैं

और ये हमारी अनवरत प्रक्रिया है तो इसलिए जो व्यवस्था है वो समी राज्यों को है

जिसमें दो हजार पांच सौ करोड रुपया भारत सरकार ने राज्यों को दिया है केवल अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए प्रदेश भर में सार्वजनिक और व्यवसायिक वाहनों में अश्लील गीत बजाने पर अब कड़ी कार्रवाई की जायेगी परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में आज हुई राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया परिवहन आयुक्त ने कहा कि दोषी वाहन चालकों का परमिट भी रद्द किया जायेगा सभी जिलों के आलाधिकारियों के साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कई विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है इनमें उनतीस विशेष ट्रेन पूर्व मध्य रेलवे के तहत चलायी जायेगी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों का परिचालन बीस मार्च से दस अप्रैल तक किया जायेगा श्री कुमार ने बताया कि जल्द ही विस्तृत समय सारिणी जारी की जायेगी जिसके आधार पर यात्री अपना आरक्षण करा सकेंगे देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिये आयोजित होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो रही है परीक्षा का आयोजन कर रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किये हैं दिशा निर्देश को अनुसार परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र के साथ अपना एक पहचान पत्र भी केन्द्र पर ले जाना होगा इसके साथ ही परीक्षा प्रारंभ होने के दो घंटे पहले केन्द्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी वहीं मोटे तलबे वाले जूते तथा बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गयी है प्रदेश में फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से राज्य में गर्मी बढ़ती जायेगी

कटिहार जिले में मनिहारी में पुलिस ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मामले में दस ट्रकों को जब्त कर लिया है शेखपुरा जिले में सिरारी पुलिस चौकी क्षेत्र के दरियापुर गांव से पुलिस ने एक युवक को एक देशी रायफल और एक देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है

शिवहर जिले में पुलिस ने हथियार के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है आरोपियों के पास से लूट की दो मोटरसाईकिल और दो पिस्तौल बरामद किये गये हैं पश्चिम चंपारण बेतिया के बरबत सेना में अज्ञात अपराधियों ने एक होटल व्यवसायी के घर में घुसकर चाकू से गोदकर व्यवसायी सुखदेव शर्मा की हत्या कर दी

नौ जिलों में सोलह अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की टिप्पणी पर हंगामा